इसमें सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के हर किसान के दो लाख रूपये तक के अल्पकालीन ऋण माफ किये जाने का प्रस्ताव है

हवाई सेवा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज भोपाल के राजाभोज विमानतल से हैदराबाद के लिए सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश को देश और दुनिया में होने वाले परिवर्तनों से जोड़ना होगा ताकि प्रदेश का भविष्य बेहतर हो उन्होंने कहा कि परिवर्तन के इस दौर में प्रदेश को लाभ कैसे मिले इस दिशा में काम करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि प्रदेश की पहचान सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर देने वाले प्रदेश के रूप में बनाना है विस सत्र प्रदेश में नवगठित पन्द्रहवीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा

सत्र के दसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और इसी दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा राज्यपाल के अभिभाषण पर दस और ग्यारह जनवरी को चर्चा होगी जबकि नौ से ग्यारह जनवरी तक अन्य शासकीय कार्य भी संपन्न किये जायेगें

इन मंडी समितियों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और संबंधित तहसीलदार को भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है

इस संबंध में प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने आदेश जारी किये राशि वृद्धि जनजातीय कार्य मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने विशेष पिछड़ी जनजाति की माताओं को मिलने वाली अनुदान राशि एक हजार से बढाकर डेढ हजार रुपये किये जाने के निर्देश दिये हैं यह राशि बैगा सहरिया और भारिया जनजाति की उन माताओं को पोषण आहार अनुदान के रूप में दी जाती है जिनके बच्चे स्कल जाते हैं पुस्तक मेला सत्ताइसवां विश्व पुस्तक मेला आज से नईदिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ नौ दिनो तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया इस वर्ष के पुस्तक मेले की थीम है दिव्यांग पाठकों की आवश्यकता इस मेले के लिए आकाशवाणी रेडियो पार्टनर है महात्मा गॉधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके द्वारा और उन पर लिखी गई पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है मेले में बीस से अधिक देशो के छह सौ से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं खेल प्रतियोगिता चौंसठवीं राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिता कल भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में शुरू हुई

इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में खेलों की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान में ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों से भी खेल प्रतिभायें आगे आ रही हैं

सतना जिले के चित्रकूट में आज अमावस्या के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरि की परिकमा की जा रही है इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार